कल की जायेगी नामांकन पत्रों की जांच

लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम आज समाप्त हो गया आज जिन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा उसमें अररिया से एनडीए की ओर से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप सिंह प्रमुख हैं नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी और आठ अप्रैल तक नाम वापस लिये जा सकते हैं इस चरण में झंझारपुर सुपौल अररिया मधेपुरा और खगड़िया संसदीय सीटों के लिए तेईस अप्रैल को मतदान होना है इस चरण के तहत मधेपुरा से महागठबंधन उम्मीदवार पूर्व केन्द्रीय मंत्री शरद यादव जदयू से राज्य के मंत्री दिनेश चंद्र यादव और निवर्तमान सांसद तथा जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव प्रमुख हैं वहीं सुपौल से कांग्रेस की निवर्तमान सांसद रंजीत रंजन जदयू के दिलेश्वर कामत खगड़िया से लोजपा के महबूब अली कैसर और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी अररिया से निवर्तमान सांसद राजद के सरफराज आलम झंझारपुर से राजद प्रत्याशी और विधायक गुलाब यादव तथा जदयू से रामप्रीत मंडल ने भी अपने नामांकन पत्र दाखिल किये हैं इधर चौथे चरण के लिये आज उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से मोहम्मद अनवर ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया एनडीए और महागठबंधन के नेता विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं इस सिलसिले में आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा के वारिसलीगंज भागलपुर के मुक्तापुर और मुंगेर जिले के तारापुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि महागठबंधन में शामिल सभी दल अपने अस्तित्व को बचाने के लिये एकजुट हुए हैं उन्होंने कहा कि एनडीए ही देश को स्थिर और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने में सक्षम है इधर राजद की वरिष्ठ नेत्री और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नवादा के रोह में महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है उन्होंने केन्द्र और राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने आज बेतिया अररिया और कटिहार में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले से सबसे अधिक लाभ मुसलमानों को होगा उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन प्री तरह बिखर गया है महागठबंधन में न तो बहुजन समाज पार्टी है और न ही कोई वामदल ही उन्होंने दावा किया कि एनडीए को प्रदेश की सभी चालीस सीटों पर जीत हासिल होगी राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भागलपुर मधुबनी और जमुई में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केन्द्र सरकार पर किसानों और गरीबों को ठगने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यह चुनाव आरक्षण देश और संविधान को बचाने के लिये महत्वपूर्ण हो गया है श्री यादव ने लोगों से महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने जमुई के अलीगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि महागठबंधन सामाजिक न्याय का पक्षधर है जबकि एनडीए सामाजिक समरसता को तोड़ रही है पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार के समर्थकों ने जमकर हंगामा और नारेबाजी की आक्रोशित कार्यकर्ता काराकाट से निखिल कुमार के लिये टिकट की मांग कर रहे थे चुनाव प्रचार समिति की बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया और नौबत मारपीट तक आ गयी निखिल कुमार के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ बाद में पार्टी के प्रदेश प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि गठबंधन धर्म के कारण कांग्रेस को कई सीटें छोड़नी पड़ी जिस कारण कई नेता टिकट से वंचित रह गये राजद के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज झा ने कहा है कि अगले दो दिनों के भीतर पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी सीतामढ़ी जिले में जदयू के स्थानीय नेताओं ने सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र से घोषित पार्टी के नये उम्मीदवार सुनील कुमार पिंटू का विरोध करना शुरू कर दिया है जदयू के जिला पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष देवेन्द्र साह ने पार्टी से उम्मीदवार बदलने की मांग की है लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में अलग अलग प्रेक्षकों का आना शुरू हो गया है मुंगेर संसदीय क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक अंकुर दुलार ने कहा कि किसी प्रत्याशी द्वारा मतदाता को रिश्वत या प्रलोभन देने के मामले में आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई की जायेगी दोषी करार दिये जाने पर एक साल की जेल की सजा भी हो सकती है प्रदेश भर में चलाये गये अभियान के तहत आज सात अवैध हथियार अठारह कारतूस और एक बम बरामद किये गये वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अठाईस मामले दर्ज किये गये हैं राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने आज मुजफ्फरपुर में चुनाव तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की बाद में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वतंत्र निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में मतदान सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जा रही है उन्होंने लोगों से बिना किसी डर के मतदान करने की अपील की गया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो गठबंधनों भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए और राजद कांग्रेस नीत महा गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच मूख्य चूनावी मूकाबले के आसार हैं लोक सभा चुनाव के पहले चरण में ग्यारह अप्रैल को यहां मतदान होना है हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट साउंड बाईट गया लोक समा क्षेत्र में अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए विमिन्न राजनीति दलों के प्रचारकों ने पूरी ताकत झॉक दी है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी और पूर्व सांसद भगवती देवी के पूत्र विजय कुमार आमने सामने हैं जिनके प्रचार में कई दिग्गज चुनावी समाए कर रहे हैं तेज गर्मी के कारण प्रचार पर असर तो पडा है लेकिन उर्म्मीदवार अपने लिए समर्थन जुटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड रहे हैं भाजपा के स्टारक प्रचारक नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गया में चुनावी सभा की उन्होंने स्थानीय मगही भाषा से संबोधन की शुरुआत करते हुए जदयू के विजय कुमार के समर्थन में वोट मांगा श्री मोदी ने बोधगया और विष्णुपद मंदिर के लिए हृदय योजना के तहत चल रहे विकास कार्यो के बारे में बताया पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी अपने प्रचार की कमान खुद संमाले हुए हैं

नक्सल समस्या प्रमावित क्षेत्रों में मतदान दोपहर तीन बजे तक ही होगा

भयमुक्त और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह सुरक्षा बलों दवारा एरिया डोमिनेशन का अभियन चलाय जा रहा है वहीं वाहनों की कड़ाई से जांच और तलाशी की जा रही है आकाशवाणी समाचार के लिए गया से कमल नयन निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने आज पश्चिम चंपारण जिले के बानू छापर स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लिपिक फखरे आलम को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक गोपाल प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार लिपिक को एक लाख अठहत्तर हजार रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया उसने यह रकम मदरसा शिक्षकों के बकाया वेतन के भुगतान के एवज में ली थी सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के भखुरा भिट्टी गांव से पुलिस ने पांच लाख तेईस हजार रूपये के जाली नोट के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया है प्रलिस अधीक्षक हरकिशोर राय ने बताया कि मौके से जाली नोटों के साथ साथ प्रिंटर पेपर और कुछ बिना कटे हुये नोट बरामद किये गये हैं उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि जाली नोटों को लोकसभा चुनाव में खपाया जाना था सीवान जिले के महादेवा पुलिस आउटपोस्ट के बभनौली गांव से पुलिस ने पूर्व जदयू नेता के पुत्र के अपहरण और हत्या के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के दरियापुर में अपराधियों ने एक फायनांस कंपनी के कर्मी से हथियार के बल पर पौने चार लाख रूपये लूट लिये प्रर्णिया जिले के बड़हरा कोठी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों तीन लोगों की हुई हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है

कल की जायेगी नामांकन पत्रों की जांच